इस मौके प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हुआ जहां राज्यपाल आचार्य देवव्रत बतौर मुख्यातिथि मौजूद रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड़डा भी इस मौके विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए कार्यक्रम में भाग लेने कई लोग रिज मैदान पर एकत्रित हुए और उन्होंने योग की विभिन्न कियाएं की लागों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने अपने शुभ संदेश में कहा कि योग हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपरा है यह हमें जीने की कला सिखाती है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को सराहते हुए कहा कि उन्हीं के सहयोग से योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है उन्होंने लोगों को अपनी रोजमर्रा के जीवन में योग को अपनाने पर बल दिया इस अवसर पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी डॉ साधना शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज नगर निगम की महापौर क्सुम सदरेट सहित कई गणमान्य मौजूद रहे

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं उन्होंने कहा कि मन की बात के लिए मिलने वाले विचारों और जानकारी से इस कार्यक्रम का महत्व बढ़ जाता है

बैठकें प्रदेश विधानसभा सचिवालय शिमला में कल्याण समिति की बैठकें आयोजित हुई समिति ने प्रदेश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के तहत पीड़ितों को राहत दिए जाने बारे संवीक्षा से संबंधित विभागीय उत्तरों का अवलोकन किया

डाकघर कांगड़ा ज़िले में देहरा के मुख्य डाकघर में कोर सिस्टम इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन सीएससी शुरू करने से सभी कार्य ऑनलाईन हो गए हैं डाक मंडल देहरा के अधीक्षक यशपाल सिंह ने ये जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाईन सिस्टम से विभाग के कार्य में तेज़ी आएगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी उन्होंने बताया कि डाक मंडल देहरा डिवीजन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघर भी ऑनलाईन हो गए हैं जिससे ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर कल्लू के कसौल में होटलों को सील किए जाने संबंधी खबर आज सभी अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित है

दैनिक जागरण लिखता है पर्यटन क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण पर हाईकोर्ट ने दिए आदेश

आधा किलोग्राम चरस संग धरा पूर्व विधायक का नाबालिग बेटा शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है तीन दोस्तों के साथ कार में मणिकर्ण से लौट रहा था आरोपी इसी खबर पर अमर उजाला की सुर्खी है चरस के साथ पकड़ा पूर्व एमएलए का बेटा पंजाब केसरी के शब्द हैं पूर्व एमएलए की गाड़ी से चरस बरामद

हिमाचल दस्तक की एक खबर है द्रंग के विधायक जवाहर सिंह से मारपीट जबकि अमर उजाला लिखता है देवता के बैठने के स्थान को लेकर उपजे विवाद में जवाहर ठाकुर ने चाचा और चचेरे भाईयों पर दर्ज करवाया मामला सरकारी दफ्तरों में पीने के पानी की प्लास्टिक बोतलें लाने पर पूर्ण प्रतिबंध पंजाब केसरी की एक अन्य खबर है

भारतीय परिवहन मजदूर संघ द्वारा एचआरटीसी के अधिकारियों पर लगाए गए आरोप को दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है रिकवरी वसूलने की वजाय मृत घोषित किया लाइसैंसी

अब एक नज़र संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय सशक्त बने नारी में हिमाचल में बेटियों पर बढ़ते अपराध पर चिंता जताते हुए बेटियों के प्रति समाज को अपनी सोच बदलने की सलाह दी है दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय में लिखा है कि हिमाचल में पर्यटक संख्या तो कहीं अधिक बढ़ गई लेकिन पर्यटन की तहजीब विकसित नहीं हुई शीर्षक है प्रयोग के साथ प्रयत्न जरूरी